सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजलि देने के बाद कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद थे

सरकार ने दो दर्जन नये और संशोधन विधयक भी सत्र के दौरान प्रस्तुत करने की तैयारी की है

श्री नाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकारी खजाना खाली करने के साथ तंत्र का राजनीतिकरण करके उसे कमजोर बनाया है इस अवसर पर मौजूद कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सिद्धांतों की राजनीति करने से सम्मान मिलता है जिस निष्ठा संघर्ष और संकल्प के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं श्री आजाद ने कहा कि अगले पाँच साल सब जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करने और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लें आज भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है जिसमें सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी

आज नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेंलन को संबोधित करते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता उत्पादन केन्द्रित योजनाओं के बजाय आय केन्द्रित योजनाओं पर की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान क्रैडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य योजनाएं इसके कुछ उदाहरण हैं उन्होंने राज्यों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने का आग्रह किया

छह घायलों की हालत गंभीर है ऐतमादपुर में आज तड़के उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की बस फिसलकर झरना नाले में गिर गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यतक्त किया है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्दि स्वस्थ होने की कामना की रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे में हुई मौतों पर शोक व्यषक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की उन्होंने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बात भी की है

इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं

मौसम विभाग ने सागर पन्ना टीकमगढ दमोह छत्रपुर रीवा सतना सीधी सिंगरौली उमरिया अनूपपुर शहडोल डिंडोरी जबलप्र मंडला बालाघाट नरसिंहपुर कटनी छिंदवाड़ा सिवनी श्योपुर कला भिण्ड मुरैना दतिया गुना ग्वालियर शिवपुरी अशोकनगर भोपाल रायसेन राजगढ़ विदिशा और सीहोर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेज बारिश की वजह से कहुला पुल एक बाद फिर जलमग्न हो गया है जिससे भोपाल सागर मार्ग बंद हो गया